इसके साथ ही राज्य में कल संक्रमितों की संख्या दो हजार दो सौ छह पहुंच गई है

इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोनावायरस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके ग्यारह लोगो को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया

राजधानी रांची के निजी लैबों में अब चार हजार पांच सौ रुपये की जगह दो हजार चार सौ रुपये में कोरोना की जांच षुरू की गई है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने चार निजी लैबों को कोरोना की जांच के लिए अधिकृत किया है जिनमें से एक में जांच की दर कम कर दी गई है जबकि अन्य अस्पतालों में जांच दर कम करने की तैयारी है भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देष और राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये जांच की दर कम करने का निदेर्ष दिया था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

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

एक ट्वीट में आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया

अब यह संख्या एक हजार प्रयोगशालाओं तक पहुंच गई है

इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रौद्योगिकियों और स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता और सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद मदद करना है प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि युक्ति का दूसरा चरण कोविड महामारी के बारे में प्रासंगिक जानकारी की पहचान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल के रूप में युक्ति के पहले संस्करण का तर्क संगत विस्तार है उन्होंने यह भी बताया कि युक्ति के पहले संस्करण के सभी परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे

कोरोना संकमण के दौरान एहतियात को लेकर राज्य सरकार इस बार श्रावणी मेले के दौरान देवघर स्थित बाबा मंदिर में ऑनलाईन पुजा की तैयारी कर रही है देवघर के साथ ही बासुकीनाथ में भी ऑनलाईन पुजा कराई जायेगी पर्यटन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा है इसे लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अलग अलग पोर्टल तैयार किया जायेगा जिस पर बाबा मंदिर से लाइव प्रसारण किया जायेगा बोकारो जिले में लगभग सात हजार ऐसी योजनाएं चल रही है जिसमें प्रवासी और ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है बोकारो जिला प्रशासन ने जिले में आए प्रवासियों और काम करने के इच्छुक ग्रामीण मजदूरों की सूची तैयार की है काम करने के इच्छुक मजदूरों की संख्या के मद्देनजर उनके ही गांव या पंचायत के लिए योजनाएं ली जा रही हैं जिससे मजदूरों को उनके ही गांव या पंचायत में काम दिया जा सके

वहीं डोभा निर्माण सहित अन्य कार्य में जूटे मजदूरों में गांव में ही काम मिलने से खुशी की लहर है मजदूरों ने कहा कि गांव में काम मिलने से अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसे सभी टिकट रद्द कर दिये जायेंगे और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जायेगी पाकुड़ स्पेषल स्टोरी पाकुड जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मजदूरों के भोजन पानी के साथ कपड़ा भी मुहैया कराया जा रहा है

मॉल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मॉल्दो में सौहार्दपूर्ण सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई

इन्हें भी किसानों की तरह ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी राज्य सरकार दो माह के अंदर दूग्ध संघों और दूग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े लोगों को किसान क्रोडिट कार्ड केसीसी का लाभ देगी केन्द्र सरकार के निर्देष के बाद कृषि पष्पालन और सहकारिता विभाग ने नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र लिखा है केसीसी मुहैया कराने में केन्द्र सरकार का वित्तीय सेवा विभाग सहयोग करेगा

इस दौार वृध्दाश्रम में भी बुजुर्गों के बीच दूध ब्रेड बांटा गया

इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक कर चायतवार ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया इस दौरान श्रीठाकुर ने परखंड में चल रही योजनाओं की जानकारी ली

वहीं जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है तकनीशियन की नियुक्ति के अभाव में पेट क्लिनीक में ताला लगा दिया गया है खुले आसमान के नीचे पशुओं के इलाज से बारिश के इस मौसम में डाक्टर से लेकर कर्मचारी और फिर पशुओं के मालिकों को भी भारी परेशानी होती है

पुरनानगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लगभग एक सौ लोगों का चेकअप किया गया हेल्थ चेकअप के बाद परिसर में फलदार पौधे भी लगाए गए